प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ज्यादातर राज्यों ने आज लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस अनुरोध पर विचार कर रही है वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लॉकडाउन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जान है तो जहान है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक मजबूत रहेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन बचाने पर जोर देना चाहिए और इसके लिए लॉकडाउन तथा परस्पर सुरक्षित दूरी बहुत महत्वपूर्ण है ज्यादातर लोग इसे समझते हैं और अपने आप को घरों में बंद कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हम सभी को यह मंत्र मानना है और प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा का प्रयास करना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार से विषेष सहयोग की अपील की श्री सोरेन ने जीएसटी में राज्य सरकार का हिस्सा मनरेगा राषि बढ़ाने और केंद्रीय सार्वजनिक उपकमों पर राज्य सरकार के बकाया भुगतान दिलवाने में सहयोग की अपील की

श्री मरांडी ने कहा है कि आये दिन नये मामले सामने आ रहे है ऐसी स्थिति में सघन जांच और सोषल डिस्टेसिंग का पालन करना ही अभी एकमात्र उपाय है राज्य मंत्रिमंडल की बारह अप्रैल को होने वाली बैठक अब तेरह अप्रैल को होगी लॉकडाउन अवधि के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्थिति से निपटने और जरूरतमंद परिवारों को आवष्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने की संभावना है लोहरदगा जिला मे लॉकडाउन प्री तरह प्रभावी है

एक व्यक्ति की रिपोर्ट अब तक नहीं मिल पायी है

मॉक ड्रिल को संतोषजनक बताते हुए उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि समुचित रिस्पांस के लिए पूरा तंत्र तैयार है साहेबगंज जिले में दो लाख अन्नपूर्णा कार्ड धारियों को लॉक डाउन के दौरान दो माह की एकमुष्त राषि उपलब्ध करायी जा रही है वहीं एक सौ साठ दीदी कीचन और बीस दाल भात केंद्रों का संचालन किया जा रहा है

राज्य में आज कोरोना संक्रमण के तीन नए मामले सामने आए हैं इसमें एक मरीज राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से मिला है वहीं एक एक मरीज हजारीबाग और कोडरमा जिले में है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने तीन नए कोरोना पॉजिटिव मामले पाए जाने की पुष्टि की है कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण से जुड़े पहले पॉजिटिव मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है

जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज गिरिडीह जिले का रहने वाला है इसलिए गिरिडीह जिला प्रशासन से भी संपर्क कर प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है

उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि विष्णुगढ़ प्रखंड के खरकी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुआ है

प्रशासन उसके ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर आगे की कार्रवाई करने में जुटा है

जिले के उपायुक्त राहल कुमार सिन्हा ने बताया कि गाँव के तीन किलोमीटर के एरिया में कर्फ्यू लगा दी गयी है

चिकित्सकों ने बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का उपयोग केवल डॉक्टरों के परामर्ष पर ही किया जाना है बिना डॉक्टरों की सलाह के इस दवा के सेवन से जीवन संकट में पड़ सकता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है

इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या सात हजार चार सौ सैंतालीस हो गई हैं

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राज्य के विष्वविद्यालयों के क्लपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर आवष्यक दिषा निर्देष दिया इस मौके पर विष्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाए जाने के मामले पर भी चर्चा हई